श्री मोदी ने कहा कि सडकों प्लों इमारतों स्रंगों आदि का निर्माण बडे पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती ब्नियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि विकास का लाभ आम लोगों के साथ साथ सशस्त्र बलों तक पहंचाने के प्रयास भी किए जा रहे है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज न सिर्फ अटल जी का बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का स्वप्न भी साकार हआ है प्रधानमंत्री ने संपर्क स्विधा के महत्व पर जोर देते ह्ए कहा कि इसका विकास से सीधा संबंध है और सीमावर्ती इलाकों में संपर्क स्विधा सुरक्षा मुद्दों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अन्सार रक्षा सामग्री की खरीद और उत्पादन के बीच बेहतर तालमेल किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि अटल स्रंग सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि लेह लद्दाख क्षेत्र की भी जीवनरेखा बनेगी

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार नामसाई जिले के महादेवप्र में कल एस एस बी के एक सब इंस्पेक्टर और अपर सियांग जिले में बी आर टी एफ के एक जवान को कोविड से मौत हो गई राज्य में कल कोरोना के दो सौ नए मामले दर्ज किए गए जबकि एक सौ चौतीस रोगी स्वस्थ हए प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार बीस है श्क्रवार को आए कोरोना के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सत्तासी अंजाव से सैतीस वेस्ट सियांग से अद्वारह लोअर दिबांग वैली और वेस्ट कामेंग़ जिले से सात सात पाप्मपारे और तवांग जिले से छह छह ईस्ट सियांगक्रुंग क्मे और अपर सियांग जिले से पांच पांच मामले शामिल है जबकि तिरप जिले से चार लोअर स्बनसिरी से तीन चांगलांग ईस्ट कामेंग और लेपारादा जिले से दो दो अपर स्बनसिरी लोअर सियांग लोंगडिंग और लिहित से एक एक मामला सामने आया है

कल गांधी जयंती के अवसर पर विधायक कालिंग मोयोंग निनोंग इरिंग और जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह ने नवनिर्मित पासीघाट इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश राज्य बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कालिंग मोयोंग ने खिलाड़ियों से प्रतिदिन अभ्यास के अलावा स्टेडियम और बैडमिंटन हॉल में स्वच्छता स्निश्चित करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि सरकार खेल क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते ह्ए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है और युवाओं को इसका लाभ उठाते हुए खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी

आलो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एंटी ड्रग स्क्वाड के सदस्यों को सम्मानित किया गया मदर विजन की अध्यक्ष श्रीमती ज्मदे गामलिन ने कहा है कि संगठन लगातार नशीले पदार्थों के सेवन की ब्राई के खिलाफ अभियान चला रहा है और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में लगे प्लिस कर्मियों का आलो नगरीय क्षेत्र के सभी सेक्टरों की महिलाओं ने ताली बजाकर मनोबल बढ़ाया

उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग के लिए शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया है कल शाम वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल में कई सुधार लागू किए हैं जिनसे उद्योग और शिक्षाजगत को नए अवसर मिलेंगे उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान के समृद्ध इतिहास को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने बच्चों में विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने की अपील की उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के प्रयासों में विज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा इस वैश्विक सम्मेलन से शिक्षा और शोध क्षेत्र में उपयोगी सहयोग समन्वय बढ़ेगा

प्रधानमंत्री ने राज्यों से इस अभियान को बेहतर ढंग से लागू करने की अपील की थी ताकि इन सार्वजनिक संस्थाओं में स्वच्छ जल की आपूर्ति स्निश्चित की जा सके अभियान के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि जल्द से जल्द ग्राम सभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कराया जाये

इस मिशन में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है